इस चरण में नामांकन भरने की अंतिम तारीख चार अप्रैल है पर्चों की जांच अगले दिन होगी और उम्मीदवार आठ अप्रैल तक नाम वापस ले सकेंगे

मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र सहित अन्य वरिष्ठ भाजपा नेता विभिन्न स्थानों पर पार्टी कार्यकर्ताओं से बैठकें कर उन्हें चुनाव में चारों लोकसभा सीटों पर जीत के लिए टिप्स दे रहे हैं जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस को उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं इसलिए वह अभी तक अपने प्रत्याशी तय नहीं कर पाई है मुख्यमंत्री आज हमीरपुर और घुमारवीं में महिला मोर्चा सम्मेलनों को संबोधित करेंगे

बैठक इस बीच प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने कल शिमला में पार्टी पदाधिकारियों से बैठक कर अगले महीने प्रस्तावित पार्टी के सभी कार्यक्रमों की तैयारियों की समीक्षा की

सत्ती ने बताया कि मई के पहले सप्ताह में केंद्रीय नेता हर लोकसभा क्षेत्र में कम से कम दो दो जनसभाएं करेंगे उन्होंने स्पष्ट किया कि सभी कार्यकर्त्ता एकजुट हैं और कोई भी पार्टी छोड़कर नहीं जा रहे हैं बैठक में सत्ती ने पदाधिकारियों को जिले और मंडल स्तर से रोजाना फीडबैक लेकर रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए सेमिनार उच्च शिक्षा की गुणवत्ता पर हमीरपुर में कल राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया सेमिनार को एनआईटी हमीरपुर के निदेशक विनोद यादव और प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष सुरेश सोनी ने संबोधित किया

इस मौके पर राज्य समन्वयक अधिकारी एचएल शर्मा ने कहा कि एनएसएस स्वयंसेवी समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने के लिए अहम भूमिका निभाते हैं और उन्हें दूर करने के लिए जागरुकता भी लाते हैं शिविर के दौरान अनेक स्पर्धाओं सहित विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए एच एल शर्मा ने स्वयंसेवियों को सम्मानित भी किया

कुलपति प्रदेश विश्विद्यालय में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कड़े नियम लागू किए जा रहे हैं विश्वविद्यालय के कुलपति आचाार्य सिकंदर कुमार ने ये जानकारी देते हुए कहा कि छात्रावासों में अनाधिकृत रूप से रह रहे छात्रों और नियमित जांच के दौरान अगर अनाधिकृत छात्र पाए जाने पर छात्रावास के वार्डन तथा वहां तैनात सुरक्षा कर्मियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज लगभग सभी समाचार पत्रों ने लोकसभा चुनाव से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है अमर उजाला के शब्द हैं हमीरपुर में कांग्रेस टिकट पर पेच राणा का चुनाव लड़ने से इंकार रामलाल को फिर बुलाया दिल्ली दैनिक जागरण का शीर्षक है चहेतों की चाहत में अटके कांग्रेस टिकट पंजाब केसरी का कहना है राजेंद्र राणा नही लड़ेंगे चुनाव वीरभद्र केंद्रीय नेताओं से मिले

दिव्य हिमाचल के शब्द हैं सुमन रावत को खेल निदेशक पद का सम्मान पंजाब केसरी ने लोकपाल की सदस्य बनी पूर्व न्यायाधीश अभिभाषा कुमारी शीर्षक से लिखा है बेटी के पदभार संभालने पर मौजूद रहे वीरभद्र सिंह

देश का पहला वोटर नहीं चौकीदार शीर्षक से दिव्य हिमाचल ने लिखा है श्याम शरण नेगी बोले मैंने नहीं कही थी मैं भी चौकीदार की बात आपका फैसला के शब्द हैं देश के पहले वोटर के साथ जोड़ा चौकीदार आयोग करेगा कार्रवाई जनरल कोटा आरक्षण को लैंड रिकॉर्ड मैनुअल बदला हिमाचल दस्तक की एक खबर है